हिमाचल जल्द होगा बीपीएल मुक्त अगले एक साल में सरकार एक लाख परिवारों को उठाएगी गरीबी रेखा से उपर प्रदेश में दूसरे दिन भी अधिकांश स्थानों पर हुई मॉनसून पूर्व की वर्षा चिलचिलाती गर्मी से राहत जारी

संयुक्त अरब अमीरात के महासचिव जमाल अल जरवान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ आज दुबई में एक बैठक के दौरान ये इच्छा जताई इस मौके पर लग्जरी रिजार्ट के निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रूपए के समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए जमाल अल जरवान ने इस मौके पर कहा कि यूएई धर्मशाला में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भाग लेगा मुख्यमंत्री ने बाद में भारतीय मूल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को भी सम्बोधित किया उन्होंने इस मौके पर प्रवासी भारतीयों को हिमाचल में निवेश के लिए आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति को आकर्षक प्रोत्साहन दे रही है

स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कदम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय मंत्री ने विकास कार्यो को समयबद्व प्ररा करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए

राजीव बिंदल नाहन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए लोगों को सम्बोधित कर रहे थे बिंदल ने कहा कि विकास समाप्त न होने वाली अनंत प्रक्रिया है और समय के साथ साथ लोगों की आशाएं व अकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं उन्होंने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाने के लिए तैयार किए गए रोडमैप पर कार्य जारी है

इस मौके पर ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आपातकालीन सुधार के तहत सैटेलाईट फोन की सुविधा को बढ़ाया गया है क्योंकि पिछले साल मॉनसून और बर्फबारी के दौरान संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी

राज्य सरकार ने इन सैटेलाईट फोनों के रखरखाव और आपदा की स्थिति में उपलब्धता के लिए विस्तृत एसओएस जारी की है

राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सुशील रतन के निधन पर गहरा दुख जताया है तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं इन नेताओं ने अपने शोक संदेश में कहा है कि सुशील रतन ने समाज को अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता से भाग लिया

उन्होंने कहा कि ये कदम राज्य के कुछ सेब उत्पादक क्षेत्रों में स्कैब रोग के लक्षण पाए जाने के बाद उठाए गए हैं प्रवक्ता ने कहा कि विभाग स्कैब रोग के लिए छिड़काव सारणी तैयार करवाता है और इसके अनुसार दवाईयों को वितरण किया जाता है लेकिन प्रत्येक सावधानियों के बावजूद इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में इस रोग के लक्षण सामने आए हैं प्रवक्ता ने कहा कि रोग की रोकथाम के लिए बागवानी विश्वविद्यालय के विज्ञानी और विभाग के अधिकारी जागरूकता शिविर भी लगाएंगे

राठौर आज शिमला में प्रदेश एनएसयूआई की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले क्छ समय से कॉलेजों में छात्र संगठन के च्नाव न होने की वजह से एनएसयूआई में सदस्यता नहीं हो पाई है इस वजह से पार्टी में नए सदस्य नहीं जुड़ पाए कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जल्द ही एनएसयूआई में कार्यकारी अध्यक्ष की नियूक्ति के संकेत दिए उन्होंने कहा है कि राठौर ने छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए लड़ाई लड़ने की भी बात कही

इसके लिए सरकार ने विस्तृत योजना तैयार की है इसके तहत एक वर्ष के भीतर एक लाख परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाया जाएगा

वीरेन्द्र कंवर आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे

मारकण्डा आज काजा में जनजातीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बैठक में स्पीति घाटी में गत वर्ष हुए और इस वर्ष चल रहे विकास कार्यो पर चर्चा हुई मारकण्डा ने बाद में की गांव में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार घाटी के हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी और हर खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर रही है उन्होंने लोगों से हिमकेयर स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठाने का भी आहवान किया

उपायुक्त ने आज जारी निर्देशों में ये भी कहा है कि ब्लास्टिंग के कारण जो चटटानें असुरक्षित हो गई हैं उन्हें तुरंत गिराकर हटाया जाए ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके

इस वर्षा से राज्य के मैदानी और मध्यम उंचाई वाले इलाकें में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पिति और किन्नौर की उंची चोटियों पर आज हल्का हिमपात भी हुआ

ये वर्षा किसानों और बागवानों के लिए काफी अच्छी मानी जा रही है

राम सिंह ने आज मण्डी में सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित जिला भाजपा की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा ने सदस्यता अभियान को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी अभियान का नाम दिया है